आठ सौ चौरासी क्वारंटीन किये गये

कोविड नाइन्टीन मरीजों की संख्या बढ़कर एक सौ छब्बीस हई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नौ बजे वीडियो संदेश देंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे देशवासियों के साथ एक वीडियो संदेश साझा करेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोविड नाइन्टीन महामारी से मौतें कम करना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कल मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा जोर संदिग्धों की जांच कराने उनका पता लगाने उन्हें विशेष निगरानी में रखने और संगरोध पर दिया जाना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति और दवाएं तथा चिकित्सा उपकरण तैयार करने के लिये कच्चे माल की उपलब्धता बनाये रखना जरूरी है उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के रोगियों के लिये अलग अस्पताल आवश्यक है उपलब्धता बढ़ाने के लिये आयुष चिकित्सकों के संसाधन पूल का उपयोग करें ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करें और पैरा मेडिकल स्टाफ एनसीसी तथा एनएसएस स्वयंसेवियों की सेवाएं लें प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि कोरोना वायरस संक्रमण की अंतरराष्ट्रीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और क्छ देशों में यह संक्रमण दोबारा फैल सकता है श्री मोदी ने कहा कि फसल कटाई के मौसम को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन से थोड़ी राहत दी है हालांकि परस्पर यथासम्भव सुरक्षित दूरी बनाये रखना जरूरी है उन्होंने राज्यों से कहा कि वे कृषि उत्पाद बाजार समिति के अलावा अन्य स्थानों से भी अनाज की खरीद करने की सम्भावना पर विचार करें प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लोग कम संख्या में ही इलाके से बाहर जायें श्री मोदी ने इसके लिये राज्यों से सुझाव भी आमंत्रित किये मुख्यमंत्रियों ने संकट के इस दौर में प्रधानमंत्री के क्शल नेतृत्व निरंतर मार्गदर्शन और सहायता के लिये धन्यवाद दिया मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन जैसा ठोस निर्णय समय पर लेने के लिए भी प्रधानमंत्री की सराहना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अनाज मंडियों में पन्द्रह अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने मंडियों में लोगों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी एहतियाती उपाय करने को भी कहा है सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में अनिवार्य रूप से कम्यूनिटी किचन खुलवाने के निर्देश दिये गये हैं प्रदेश में खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है इसके अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों मनरेगा श्रमिकों श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों तथा अन्य दिहाड़ी मजदूरों को निःशुल्क राशन वितरित हो रहा है पन्द्रह अप्रैल से समी कार्डधारकों को पांच किलो प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क चावल दिया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस आरोप को द्भाग्यपूर्ण और गलत बताया है कि सरकार ने उचित तैयारी के बिना ही लॉकडाउन को लागू कर दिया कल नई दिल्ली में संवादाताओं से उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में लोगों और वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई है श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये विमान और रेल सेवाएं समय रहते स्थगित कर दी गई उन्होंने कहा कि पूरी द्निया लॉकडाउन के मुद्दे पर भारत के प्रयास की सराहना कर रही है और इसे सही दिशा में उठाया गया सही कदम बता रही है श्री जावड़ेकर ने लॉकडाउन को सफल बताया दिल्ली के निजामुददीन में तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रदेश के एक हजार एक सौ तिहत्तर लोगों को चिन्हित किया गया है इनमें से आठ सौ चौरासी को क्वारंटीन किया गया है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि अब तक दो सौ सत्तासी ऐसे लोगों का पता लगाया गया है जो विदेश से आकर बिना सूचना दिए राज्य में रह रहे थे इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है उन्होंने एक बार फिर लोगों से विदेश से आए व्यक्तियों की जानकारी साझा करने की अपील की है श्री अवस्थी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन केंद्र छोड़कर भागता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी श्री अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं अंतर्राष्ट्रीय और अन्य राज्यों से लगी सीमाएं भी सील कर दी हैं और लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गयी है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एक लाख इक्यासी हजार वाहनों का चालान कर तीन करोड़ सड़सठ लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है श्री अवस्थी ने मीडिया से फर्जी खबरों को रोकने में सहयोग करने की अपील की उन्होंने कहा कि किसी भी खबर की पुष्टि करने के बाद ही उसे चलाया जाए उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी खबर फैलाने वालों की सूचना सरकार को देने की अपील की है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण के तेरह नए मामले सामने आए हैं इस तरह राज्य में कोविड नाइन्टीन के मरीजों की संख्या बढ़कर एक सौ छब्बीस हो गयी है सबसे अधिक अड़तालीस मामले गौतमबुद्ध नगर जिले में हैं इसके बाद मेरठ में चौबीस आगरा में बारह लखनऊ में दस गाजियाबाद में नौ बरेली में छः और बुलन्दशहर में तीन व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है वाराणसी बस्ती और पीलीभीत में दो दो व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाये गये हापुड़ गाजीपुर बागपत शामली जौनपुर मुरादाबाद कानपुर नगर और लखीमपुर खीरी में कोरोना संक्रमण का एक एक मामला सामने आया है कोविड नाइन्टीन से संक्रमित होने वाले सत्रह मरीज पूरी तरह स्वस्थ भी हुए हैं बस्ती में पच्चीस वर्षीय युवक की कोरोना से मृत्यु के बाद शहर में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है जिला प्रशासन ने युवक के परिजनों के साथ साथ जनाजे में शामिल होने वाले छब्बीस लोगों को भी क्वारंटीन किया है मोहल्ले वालों को अगले चौदह दिनों तक घरों से बाहर न निकलने को कहा गया है प्रशासन ने युवक के संपर्क में आने वालों का पता लगाने के लिए चौबीस टीमों का गठन किया है जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि शहर की सीमाए सील कर दी गयी हैं और शहर में आने जाने वालों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है उन्होंने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है पीलीभीत के सांसद वरूण गांधी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना एक माह का वेतन दिया है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सभी देशवासियों को एक साथ आना होगा उन्होंने कहा कि पीलीभीत में प्रतिदिन दस हजार भोजन के पैकेट गरीबों में बांटे जा रहे हैं सरकार ने कोविड नाइन्टीन के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिये निजी क्षेत्र के साथ मिलकर आरोग्य सेतु नामक ऐप विकसित किया है इस ऐप का उपयोग करके लोग कोरोना संक्रमण की आशंका का आकलन कर सकते हैं ब्लूटूथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स से चलने वाला यह ऐप अन्य लोगों के साथ संपर्क के आधार पर ऐसे संक्रमण का अनुमान लगायेगा इस ऐप से सरकार को कोविड नाइन्टीन संक्रमण के प्रसार से होने वाले जोखिम का आकलन करने के लिये समय रहते आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी इस ऐप में निजता का ध्यान रखा गया है और इसमें संग्रहित व्यक्तिगत सूचना कूटबद्व कर दी जाती है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ग्यारह भाषाओं में उपलब्ध यह ऐप पूरे देश में उपयोग के लिये तैयार है यह ऐप देश की युवा प्रतिभा का एक अनूठा उदाहरण है देश में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और समूह में एकत्र न होने का परामर्श जारी किया है सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सामान की खरीददारी के लिए बार बार बाहर निकलने से बचने को भी कहा गया है साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचने का परामर्श दिया गया है लोगों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें घर पर मेहमानों को न बुलाने की सलाह दी गई है अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचने और अपने हाथों को साबन और पानी से कम से कम बीस सेकेण्ड तक अच्छे से धोने की भी सलाह दी गई है खांसी या बुखार से पीड़ित व्यक्तियों के सम्पर्क में आने से बचने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शून्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक शून्य सात छ पर भी फोन कर के कोरोना से जुड़ी कोई भी जा समस्या साझा कर सकते हैं